न् दिल्ली और एनसीआर में फंसे झारखंडवासियों के लिए राज्य सरकार ने दिल्ली स्थित झारखंड भवन में खोला हेल्पलाइन सेंटर

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में वैष्विक महामारी कोरोना पर देषवासियों से चर्चा की उन्होंने कहा कि आज दुनियाभर में करोना संकट की चर्चा है ऐसे में दूसरी बातें करना उचित नहीं होगा उन्होंने कहा कि क्छ ऐसे फैसले लेने पड़े हैं जिनसे गरीबों को परेषानी हुई उन्होंने कहा कि मैं सभी लोगों से क्षमा मांगता हूं मैं आप सबकी परेषानी को समझता हूं लेकिन कोरोना को खिलाफ लड़ाई में इसके सिवाय कोई चारा नहीं था

आज हमें उनसे प्रेरणा लेनी है प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस से लड़ने का सबसे कारगर तरीका सामुदायिक दूरी है लेकिन हमें समझना होगा कि सोषल डिस्टेंसिंग का मतलब सोषल इंटरेक्षन को खत्म करना नहीं है वास्तव में ये समय अपने सभी पुराने सामाजिक रिष्तों में नई जान फुंकने का है उन्होंने लॉकडाउन के दौरान सभी से रचनात्मक कार्य करने का आह्वान किया लॉकडाउन के दौरान सरकारी दर पर फलों और सब्जियों की बिकी राज्य में वेजफेड के माध्यम से की जायेगी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कृषि पषुपालन और सहकारिता मंत्री बादल पत्रलेख ने कल हुई एक बैठक में यह फैसला लिया कृषिमंत्री ने लाकडाउन की वजह से राज्य में पष् चारा की हो रही किल्लत से भी मुख्यमंत्री को अवगत कराया मुख्यमंत्री ने कृषिमंत्री को आष्वस्त किया कि जल्द ही इस संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक कर समस्या का समाधान किया जायेगा लॉकडाउन के दौरान मांस मछली की दुकानें खोलेने पर कोई रोक नहीं रहेगी कृषि पषुपालन सचिव प्रजा सिंघल ने पुलिस महानिदेषक को पत्र लिखकर कहा है कि लॉकडाउन के समय पष् पक्षी और मछली का चारा बेचने वाले दुकानों पर कोई रोक नहीं लगायी जाये साथ ही अंडा मुर्गी मीट और मछली की दुकानों को खोलने तथा बिक्री पर कोई रोक नहीं लगी है

उन्होंने कहा कि सभी प्लांट और आपूर्ति स्थल पूरी तरह प्रचालित है

चतरा पुलिस की ओर से सदर थाना परिसर में सामुदायिक रसोई की शुरूआत की गयी है पहले दिन सामुदायिक रसोई में चतरा के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी वरुण रजक सदर थाना प्रभारी प्रमोद पाण्डे व अन्य पुलिस कर्मियों ने गरीब और असहायों के बीच स्वयं से खाना परोसा

उन्होंने बताया कि सामुदायिक रसोई में सोशल डिस्टेंस का भी ख्याल रखा जा रहा है इसके अलावे जिले के अन्य प्रखंडो में भी सामुदायिक रसोई की व्यवस्था की जा रही है

नगर आयुक्त शशिधर मंडल और उप महापौर की देखरेख में दवा का छिड़काव किया गया छिड़काव मुख्य मार्ग से लेकर उपस्थित हाट बाजार तक किया गया वही नगर आयुक्त शशिधर मंडल ने बताया सुपर हाइड्रो क्लोराइड का छिड़काव किया जा रहा है जिससे उपस्थित गंदगी में जन्म लेने वाले वायरस का संक्रमण नष्ट हो जाएगा आयुक्त ने मीडिया के माध्यम से यह भी अपील की बहत आवश्यक हो तो ही घर से बाहर निकले

दिल्ली एनसीआर में फंसे लोगों को यदि किसी प्रकार की मदद की जरूरत है तो वे झारखंड भवन से जुड़कर सहायता ले सकते हैं

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हेल्पलाइन नंबर जारी करते हए कहा है कि सरकार अन्य राज्यों में भी फंसे र्लागों को शीघ्र मदद पहुंचाने के लिए कार्य कर रही है

इसके तहत लोग दान की राषि चेक और ऑनलाईन बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं

प्रधानमंत्री इस न्यास के अध्यक्ष होंगे इसके सदस्यों में रक्षा मंत्री गृह मंत्री और वित्त मंत्री शामिल हैं

इस कोष में छोटी राशि भी दान दी जा सकेगी जिससे बड़ी संख्या में लोग योगदान कर सकेंगे

राष्ट्रपति का अनुसरण करते हुए राष्ट्रपति भवन के कर्मचारी भी स्वेच्छा से इस कोष में योगदान कर रहे हैं

कॉरपोरेट मामले मंत्रालय ने इस बारे में अधिसूचना जारी की है एक ट्वीट में श्रीमती सीतारमण ने कहा कि पीएम केयर्स कोष में किया गया कोई भी दान सीएसआर व्यय समझा जा सकेगा

इससे लोगों को पूर्णबंदी के दौरान जरूरी सूचनाए दी जा सकेंगी

रेलवे प्रशासन और जनता के बीच सूचनाओं और सुझावों को आदान प्रदान के लिए चौबीसों घंटे काम करनेवाला रेलवे बोर्ड नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है

विलय होने वाले बैंकों की शाखाएं उस बैंक के रूप में काम करेंगी जिसमें उन्हें मिलाया गया है सरकार ने चार मार्च को सार्वजनिक क्षेत्र में बड़े और मजबूत बैंक बनाने की सुद्द ढ़ीकरण योजना के एक भाग के रूप में इन दस सरकारी बैंकों के विलय की अधिसूचना जारी की थी इस योजना के अनुसार ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में किया जायेगा सिंडीकेट बैंक को केनरा बैंक में मिलाया जायेगा इलाहाबाद बैंक को इंडियन बैंक में और आँध्रा तथा कॉरपोरेशन बैंक को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मिलाया जायेगा इसके बाद पहली अप्रैल से ओरिएंटल ऑफ कॉमर्स और यूनाईटेड बैंक की शाखाएं पंजाब नेशनल बैंक की शाखा के तौर पर काम करेगी सिंडीकेट बैंक की शाखाए केनरा बैंक की शाखाए हो जायेगी

घटना की जानकारी मिलते ही थाना प्रभारी शंकर ठाकुर बताया कि आत्महत्या के कारणो का पता नहीं चल पाया है